मुख्यमंत्री जय राम ठाक्र ने कल दुबई में बिजनस लीडर्ज फोरम के प्रमुखों को संबोधित करते हुए ये बात कही उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल को निवेश के लिए आकर्षित करने और उद्योग मित्र बनाने के लिए अपनी नीतियों में सुधार कर रही है मुख्यमंत्री ने बिजनस लीडर्स के सदस्यों को धर्मशाला में प्रस्तावित ग्लोबल इन्यैस्टर मीट में भाग लेने और व्यापार व सहयोग के अवसर तलाश करने का निमंत्रण दिया

कसौली विधानसभा क्षेत्र की जावली पंचायत में राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोठी को नवनिर्मित भवन के लोकार्पण अवसर पर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए सहजल ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की सलीह दी और अध्यापकों से बच्चों को खेलकृद योग व अन्य गतिविधियों के बारे व्यावहारिक जानकारी देने को कहा डीसी ऊना ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए मृतक किसानों के उतराधिकारी जल्द से जल्द भूमि का इंतकाल करवा लें उन्होंने कहा कि ऐसे उतराधिकारी किसानों को इस योजना का लाभ तभी मिल पाएगा जब राजस्व रिकार्ड में भूमि उनके नाम पर हो जाएगी उपायुक्त ने कहा कि नए आवेदक किसी भी पंचायत बीडीओ ऑफिस या पटवार घर से फार्म प्राप्त कर सकते हैं किसान समिति किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसान संगठनों ने कल ठियोग कुमारसैन रोहडू रामपुर व कसुम्पटी स्थानों पर मांगों को लेकर प्रदर्शन किया इस दौरान एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी दिया गया

मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में हल्की वर्षा हो रही है मॉनसून पूर्व की इस वर्षा से जहां लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है वहीं निचले इलाकों में मक्की सहित अन्य फसलों की बुआई में मदद मिलेगी राजधानी शिमला सहित आसपास के इलाकों में सुबह की शुरूआत घने बादलों से हुई है और कल रात हुई वर्षा के बाद मौसम सुहावना हो गया है मौसम विभाग ने प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दुबई दौरे में हुई बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में ड्राई पोर्ट बनाएगी दुबई की कंपनी दैनिक भास्कर का शीर्षक है पर्यटन और रियल इस्टेट में निवेश के लिए यूएई तैयार एमओयू साइन दिव्य हिमाचल के शब्द हैं दुबई से रियल एस्टेट पर्यटन में निवेश की उम्मीद पंजाब केसरी के मुताबिक पर्यटन व रियल एस्टेट में निवेश का इच्छुक यूएई आपका फैसला लिखता है सीएम ने पर्यटन व रियल इस्टेट में निवेश के लिए दिया न्योता दैनिक सवेरा टाइम्स के अनुसार हिमाचल में निवेश करेगा दुबई जबकि हिमाचल दस्तक का कहना है बिजनेस लीडर्स से जयराम बोले एक बार तो आओ हिमाचल आयुर्वेद विभाग में मशीनों की खरीद में हुई गड़बड़ पर दैनिक जागरण का शीर्षक है डाटा एंट्री करने वाला वरिष्ठ सहायक निलंबित

प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को रियायती बस पास क्यों नहीं शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एचआरटीसी से जवाब मांगा मौसम पर दिव्य हिमाचल की सुर्खी है प्री मानसून से भीगा हिमाचल पिछले साल के मुकाबले तीन दिन पहले बरसी फुहारें दैनिक भास्कर लिखता है वेलकम प्री मानसून पंजाब केसरी के अनुसार प्री मानसून ने दी दस्तक बारिश से मौसम सुहावना